उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा कल बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक अकादमी के नए भवन का करेंगे उद्घाटन दुर्ग जिले में डेंगू से एक और महिला की मौत प्रदेश में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं ऐहतियाती उपाय

बस्तर विकास संवाद बस्तर के विकास शिक्षा स्वास्थ्य खेती किसानी जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए आज बस्तर जिले के कुम्हरावंड के कृषि महाविद्यालय में जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी बस्तर विकास संवाद का आयोजन किया गया कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया वहीं अध्यक्षता राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को षिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही बेहतर सड़क रेल हवाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि तमाम कठिनाईयों के बावजूद दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर सुकमा जैसे जिलों में सड़क और पुल पुलिया निर्माण किया जा रहा है सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहंच सके इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं इसी का परिणाम है कि आज बस्तर विकास का पर्याय बन गया है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बस्तर अंचल में आने वाले दो तीन सालों में पूर्ण शांति होगी कार्यक्रम में उद्यमियों किसानों छात्रों के अलावा देशभर से आए पत्रकार भी शामिल हुए

वे हाईकोर्ट परिसर में बने न्यायिक अकादमी के नए भवन का उद्घाटन करेंगे इसके बाद वे हाईकोर्ट में आयोजित व्याख्यान में उदबोधन देंगे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा हाईकोर्ट परिसर में स्थापित की गई स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे

बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक अकादमी भवन के अलावा प्रशासनिक भवन और छात्रावास का निर्माण भी किया गया है न्यायिक अकादमी के नए भवन का निर्माण करीब अट्ठाईस करोड़ रूपये की लागत से किया गया है डेंगू मौत दुर्ग जिले के भिलाई में डेंगू से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है कल एक और महिला की मौत डेंगू से होने की खबर है इस महिला का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था एक आंकड़े के अनुसार डेंगू से अब तक भिलाई में अट्ठाईस लोगों की मौत हो चुकी है राजधानी रायपुर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है इसे देखते हुए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने ऐहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं शहर के हर वार्ड में दवाईयों का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को अपने घर तथा आस पास पानी जमा नहीं होने देने के साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान देने की समझाइश दी जा रही है वहीं जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जांच और उसके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के एस शांडिल्य ने आम नागरिकों को डेंगू मलेरिया और पीलिया के लक्षणों तथा रोकथाम की जानकारी देते हुए कहा है कि इनसे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है वहीं अन्य जिलों में भी डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है कोंडागांव जिले के आयुर्वेद ग्राम बोरगांव में नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रभान वर्मा ने ग्रामीणों को डेंगू ज्वर और मलेरिया के कारण लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दी क़भको सम्मेलन रायपुर में आज कृषक भारती को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड क़भको द्वारा राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं का जिक्र करते हुए किसान हित के महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कार्यक्रम में कृभको के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह ने उम्मीद जताई कि कृभको खाद बीज और अन्य इनपुट उपलब्ध कराने के साथ ही अब मार्केटिंग के क्षेत्र भी आगे बढ़े साथ ही कृषि उत्पादक संगठन बनाकर छत्तीसगढ़ के किसानों का मार्गदर्शन करें

इसके बाद प्रमुख नदियों में श्री वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया बीजापुर जिले के नेलसनार में अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए वन मंत्री महेश गागड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे वहीं कोंडागांव में निकाली गई अस्थि कलश यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष लता उसेण्डी ने किया इसके अलावा कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में अस्थि कलश यात्रा की शुरूआत मंत्रोच्चारण के साथ हई यात्रा रथ में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े और संसदीय सचिव चंपादेवी पावले विधायक श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे मनेन्द्रगढ़ सहित जिले के विभिन्न हिस्सों से होती हुई यह यात्रा हसदो नदी के तट पर पहुंची जहां विधि विधान के साथ श्री वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित किया गया इसके अलावा अन्य जिलों में भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई नगर भ्रमण के बाद पवित्र नदियों में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया वायुसेना भर्ती रैली राजधानी रायपुर में आगामी तीस अगस्त से वायुसेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है जो पांच सितंबर तक चलेगी इस रैली के माध्यम से वायुसेना के ग्रुप वाई आईएएफ पदों पर भर्ती की जाएगी इसके लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा इच्छुक उम्मीदवार लिखित परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में कल तक अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं विवि छात्रवृत्ति रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति के लिए इकतीस अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं इस साल एम फिल करने वाले बीस छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी वहीं रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए पंद्रह छात्रों का चयन होगा इसके साथ ही छत्तीसगढ़ अध्ययन से संबंधित रिसर्च के लिए पांच छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी

इस योजना का उद्देश्य वर्ष दो हजार बीस तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है प्रदेश के आदिवासी बहल जशपुर जिले में टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है पेश है एक रिपोर्ट वॉयस ओवर मिशन इंद्रधनुष के जरिये दो साल तक के बच्चों और ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनका टीकाकरण किया जाना है इस योजना के तहत जशप्र जिले में भी सरकार द्वारा शिश् मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास कर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जिसका बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की शुरूआत सात बीमारियों डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए की थी टीकाकरण का मकसद इन बीमारियों से बचाव के साथ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है न्यूज डेस्क आकाशवाणी समाचार रायपुर संक्षिप्त समाचार प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलरामजी दास टंडन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजभवन स्थित दरबार हॉल में आगामी सत्ताईस अगस्त को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज गश्त के दौरान तीन हार्डकोर माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर साप्ताहिक बाजार में सहायक आरक्षक की हत्या करने का आरोप है आम आदमी पार्टी ने आज अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल में हाथियों का आतंक जारी है छाल रेंज के अंतर्गत बहेरामार गांव में आज एक हाथी ने वृद्ध महिला को क्चल कर मार डाला जांजगीर चांपा जिले के मड़वा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर छह लोगों से करीब उन्नीस लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण लेने के लिए कल पच्चीस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है